उच्च न्यायालय ने राज्य में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर को तत्काल आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल करने का दिया निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनमद में करीब दो अरब चौबीस करोड़ के अनुदान के प्रस्ताव को दी मंजूरी और मधुपुर विधानसभा के नवनिवार्चित सदस्य हफिजुल अंसारी ने विधानसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ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 श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरते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

कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एक उपलब्धि हासिल करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक औषधि विकसित की है जिसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है

यह संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है तथा प्रतिरोधी क्षमता बनाती है इस दवा का विकास डीआरडीओ प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डीज लेब्रोरिटीज के सहयोग से किया है इसके क्लीनिकल परीक्षण के परिणामों में दिखाया गया है कि यह अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और उनकी ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भरता भी घटाती है औषधि महानियंत्रक ने मध्यम से गंभीर कोविड रोगियों के इलाज के लिए इसकी अनुमति दे दी है इस दवा का मुख्य आधार ग्लूकोज है इसलिए इसका देश में ही आसानी से उत्पादन किया जा सकता है हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य के सभी जिला न्यायालयों को निर्देश दिया है कि जितने भी जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उन्हें तत्काल आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल किया जाय इसके लिए जिले के उपायुक्त को अधिकृत करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना काल खत्म होने तक पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा जब्त किये गए ऑक्सीजन सिलेंडर जो फिलहाल मालखाने में पड़े हैं उनका इस्तेमाल मरीजों की जान बचाने में किया जाये इसके बाद अब ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है राज्य में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के पांच हजार नौ सौ तिहतर नये मामले सामने आए हैं जबकि पांच हजार दो सौ तिरानबे मरीज स्वस्थ हुए कल राज्य में एक सौ छत्तीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई वहीं राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख दस हजार सत्तर लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुंकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहतर दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है देश में कल चार लाख से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्वि होने से देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल शुन्य दशमलव तीन नौ प्रतिशत मरीज वेंटिलेटर पर और तीन दशमलव सात शून्य प्रतिशत मरीज ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों पर हैं

बैठक के दौरान ऑक्सीजन तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रसायों की समीक्षा की गई बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी रसायन और उवर्रक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अन्य अधिकारी शामिल हुए

भारतीय सशस्त्र बलों के अनुभवी चिकित्सकों ने राष्ट्र के आहवान को देखते हुए आम मरीजों के लिए ऑनलाइन परामर्श देना शुरू कर दिया है सशस्त्र बलों के चिकित्सक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श सेवाएं दे रहे हैं कोई भी रोगी इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा एएफएमएस के अनुभवी डॉक्टरों से अपने घरों पर रह कर ही ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं कोरोना से बचाव के लिए पलामू टाइगर रिजर्व इलाके को हाई अलर्ट घोषित करते हुए बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है

अस्पताल में दो कर्मियों के संक्रमित पाये जाने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है अंचल पदाधिकारी मन्द्रि भगत ने बताया कि अस्पताल के सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों को कोरेनटाइन कर दिया गया है लोहरदगा जिले में कोरोना से संक्रमित चार सौ अट्ठहत्तर लोग स्वस्थ्य हुए हैं जबकि एक सौ बहत्तर नये मामलों की पुष्टि हई है सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि चार सौ अटठहत्तर लोगों के स्वस्थ होने के बाद अब लोहरदगा जिले में संकीय मामलों की संख्या घटकर एक हजार चार सौ बहत्तर हो गई है इधर लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत ने कोरोना महामारी से जुझ रहे मरीजों के समुचित इलाज के लिए हिंडाल्को प्रबंधक से बात की उन्होंने लोहरदगा उपायुक्त से समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पलामू पहंचा

इस दौरान बसों में भी समाजिक दूरी का पालन किया गया टाउन हॉल पहुंचते ही सभी प्रवासी श्रमिकों का एंटीजन टेस्ट कराया गया जिसमें एक श्रमिक पॉजिटिव पाया गया जिसे एमएमसीएच में भर्ती किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट के पश्चात सभी प्रवासी श्रमिकों को पुलिस एवं दंडाधिकारी की मौजूदगी में सरकारी बस स्टैंड स्थित आश्रय गृह में शिफ्ट कर दिया गया इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी तथा परिवहन विभाग के कर्मी मैजूद रहे

पंचम झारखंड विधान सभा के उपचुनाव में मधुपुर से निर्वाचित सदस्य हाफिजूल हसन ने आज झारखंड विधान सभा के अध्यक्षीय कार्यालय में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो के समक्ष विधानसभा के सदस्य के रूप में उर्दू भाषा में शपथ ली अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित सदस्य को बधाइयां दी तथा कहा कि श्री हसन झारखंड सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं मुझे आशा है आगे भी वह जनहित में अच्छे कार्य करेंगे शपथ कार्यक्रम में सचिव महेंद्र प्रसाद विधानसभा के कार्मिक शाखा के संयुक्त सचिव मधुकर भारद्वाज एवं संबंधित पदाधिकारी और कुछ गणमान्य अतिथि उपस्थित थे उक्त कार्यक्रम में कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल पूरे तौर से ध्यान में रखा गया रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में एक ट्रेकर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया रजरप्पा थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि बाइक सवार अपने गांव सेरेंगातु से कुल्ही पोटमदगा मार्ग होते हुए मदगी गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे इसी क्रम में शुक्रवार देर रात पोटमदगा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेकर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी

दो किसानों को ढाई लाख रुपये का नुकसान के साथ साथ खेती बारी की समस्या उत्पन्न हो गई है